देश भर में स्वामित्व योजना का शुभारंभ करने के लिए आयोजित एक समारोह में आज प्रधानमंत्री ने ग्रामीण भारत के लोगों के हौसले की सराहना की

इस बीच प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर पंचायत पुरस्कार भी प्रदान किए इनमें प्रदेश की तीन पंचायतें दो पंचायत समितियां और एक जिला परिषद को दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार जबकि एक पंचायत को नानाजी देशमुख गौरव ग्राम पुरस्कार से नवाजा गया इसके अलावा एक पंचायत को ग्राम पंचायत विकास पुरस्कार और एक ॅअन्य पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में सरकार का सहयोग करने का आग्रह किया है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से इन संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की सहायता करने के साथ ही लोगों को कोविड टीकॉकरण के लिए भी प्रेरित करें इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थानों के लिए घन की कोई कमी नहीं है मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विमाग को ई पंचायत में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा पुरस्कार हासिल करने के लिए बधाई दी उन्होंने प्रस्कार विजेता पंचायतों के प्रधानों को भी बधाई दी इस दौरान मुख्यमंत्री ने ऊना जिला के थाना कलां मण्डी के थुनाग और हमीरपुर के अवाहदेवी में तीन टेली मेडिसिन केन्द्रों को शुभारम्भ भी किया अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकूर ने प्रदेश के तीन स्थानों पर टेली मेडिसिन सेवा की शुरूआत को एक स्वागत योग्य कदम बताया और इस सेवा को सफल बनाने में अधिकारियों से अपना शत प्रतिशत योगदान देने की अपील की है मुख्यमंत्री द्वारा शिमला से आयोजित वर्चुअल बैठक में उन्होंने कहा कि इन केन्द्रों से स्थानीय लोग सीधा पीजीआईं चण्डीगढ़ के वरिष्ठ चिकित्सकों से जुड़ कर परामर्श ले सकेंगे अनुराग ठाकर ने प्रदेश के कम से कम हर तीन जिलों के बीच एक मैमोग्राफी सेंटर खुलवाने व हमीरपुर बिलासपुर और ऊना में सीटी स्कैन की सुविधा शुरू करवाने का मुख्यमंत्री से आग्रह भी किया हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है

कांग्रेस कोरोना प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने पार्टी कार्यकर्ताओं से पूर्व की भांति कोरोना की इस दूसरी लहर में भी लोगों की सेवा व सहायता करने को कहा है प्रदेश कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के साथ वचुअल बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने तनमन से लोगों की सेवा करने का कार्यकर्ताओं से आहवान किया

मौसम प्रदेश में पिछले दिनों हुई बर्फबारी व वर्षा के बाद आज लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा लाहौल स्पीति जिले में अच्छी धूप खिलने से लोगों ने राहत की सांस ली जिले में भारी बर्फबारी से बाधित सड़कों से बर्फ हटाने का कार्य प्रगति पर है जिला उपायुक्त पंकज रॉय ने बर्फबारी से प्रभावित जनजीवन को शीघ्र पटरी पर लाने के विभागों को निर्देश दिए हैं किन्नौर जिले में बर्फबारी और बारिश के कारण सेब की फसल को भारी नुकसान हुआ है बर्फ से हजारों पेड़ उखड़ गए हैं

शिमला जिले के सेब बाहुल्य क्षेत्रों में हुई वेमौसमी बर्फबारी के कारण बागवानों को भारी नुकसान हुआ है बागवानों ने सरकार से राहत देने की मांग की है